प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसान देश के विकास मेंमहत्वपूर्ण भूमिका निमा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि देश बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है और सवा सौ करोड़ से अधिक देशवासी नये भारत के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं

ओडिशा तट पर चांदीपुर परीक्षण स्थल से यह परीक्षण सवेरे दस बजकर अठारह मिनट पर किया गया

ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी पहली भारतीय भिसाइल है जिसकी कार्य अवधि दस से बढ़ाकर पंद्रह वर्ष की गई है

श्रीमती राजे ने आज डूंगरपुर में गेपसागर झील के पास श्रीनाथजी के मंदिर में दर्शन करने के बाद कहा कि उनकी सरकार जनता की आकांक्षाओं पर पूरी तरह सफल रही है दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद साध्र संतों का श्रीफल भेंटकर और शॉल ओढाकर सम्मानित किया मुख्यमंत्री ने आज डूंगरपुर क्षेत्र के लोगों से संवाद भी किया

श्रीमती राजे ने कहा कि लोकेन्द्र सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर वीरता की मिसाल कायम की है शहीद लोकेन्द्र सिंह की अंत्येष्टि आज उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान से की गई

एटीएस तथा एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि पिछले दिनों एसओजी को सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस कांस्टेबल और एसएससी की परीक्षा में दिल्ली और बिहार से कुछ लड़के परीक्षार्थियों की जगह बैठकर परीक्षा देंगे उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रमोद विनय अवनीश तथा चेतराम मीणा को गिरफतार किया है इस अन्तर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश के लिए एसओजी की कृछ टीमें बाहर भेजी गयी हैं

इस संबंध में जांच की जा रही है

इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश प्रदेश सह प्रभारी विवेक बंसल सहित सैंकडों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया इस मौके पर श्री पायलट ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है

ब्रंदी जिले में सात गांवों में ऋणमाफी शिविर लगाए गए

करौली जिले के नादौती उपखंड के भीलपाड़ा में खेत में बने तलाई में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गयी

आज शाम उदयपुर में हुई मूसलाधार बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया